केन्द्र सरकार के कठोर और साहसिक फैसलो पर आज से उज्जैन में प्रदर्शनी सामाजिक न्याय मंत्री थांवदचंद गहलोत करेंगे शुभारंभ प्रदेशभर में आज लगाई जायेंगी लोक अदालतें

भाजपा प्रदर्शन राज्य में किसानों को हो रही यूरिया की किल्लत को लेकर भाजपा आज प्रदेशभर में प्रदर्षन करेगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया यूरिया कमलनाथ सरकार की कुप्रबंधन के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहा है इसलिए पार्टी नेता आज किसानों के साथ धरना देंगे

कांग्रेस प्रदर्शन वहीं कांग्रेस भी केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आज नई दिल्ली में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया है कि राज्य से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक प्रदर्शन में षामिल होने नई दिल्ली पहुंच रहे हैं प्रदेश कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में आंदोलन में भाग लेंगे प्रदर्शनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउट रीच ब्यूरो भोपाल द्वारा आज से उज्जैन में केंद्र सरकार के कठोर और साहसिक फैसले विषय पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जा रही है

प्रदर्शनी में स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास सामाजिक न्याय और डाक विभाग सहित कई विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे

मोदी कानपुर गंगा नदी के पुनरूद्वार संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक आज कानपुर में होगी प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में कहा गया है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गंगा की सफाई से जुड़े काम के विभिन्न पहलुओं और प्रगति की समीक्षा करेंगे बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी भाग लेंगे

इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर तेजी से काम करने का अनुरोध किया है

लोक अदालत में राजस्व और बिजली बिल सहित अन्य विवादों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर होगा

जिसके माध्यम से समझौता योग्य प्रकरणों का मौके पर निराकरण किया जाएगा

सीएम बयान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि नागरिकता कानून को लेकर उनकी सरकार का वहीं रुख है जो कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस संविधान की मूल भावना के विपरीत किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने से पहले सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते अनुभूति कैम्प उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कल से अनुभूति केंप का आयोजन किया जाएगा

इस दौरान चित्रकला वाद विवाद भाषण सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी अनुभूति कार्यक्रम में इस वर्ष भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है